दसवीं बारहवीं नतीजे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे कल दोपहर एक बजे जारी किए जाएंगे मंडल के सचिव ने बताया है कि नतीजे जारी होने के बाद इन्हें बोर्ड की वेबसाइट सीजीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन पर देखा जा सकता है इसके अलावा विद्यार्थी रिजल्ट्स डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी अपने नतीजे देख सकते हैं उन्होंने कहा कि इस बार नियमों में बदलाव करके अस्सी फीसदी से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को भी पुनर्मूल्यांकन कराने का प्रावधान दिया गया है इससे पहले बीस प्रतिशत से कम और अस्सी प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों के पुनर्मूल्यांकन पर रोक लगी हुई थी मंडल की ओर से राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा के नतीजे घोषित होने के पंद्रह दिनों के बाद पांच सौ रूपये देकर उत्तर प्रस्तिका की छायाप्रति की कॉपी ली जा सकेगी

इस हेल्पलाइन में सुबह साढ़े दस बजे से शाम पांच बजे तक टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन चार तीन छह तीन पर संपर्क कर छात्र अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं परामर्श के लिए मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक कैरियर काउंसलर और शैक्षिक अभिप्रेरक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे कृषि आयुक्त समीक्षा अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त केडीपी राव ने अधिकारियों से कहा है कि खरीफ फसल के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसमें विविधता लाने पर जोर दिया जाए साथ ही किसानों को दलहन और तिलहन फसलें लेने के लिए भी प्रेरित करें इससे किसानों को बाजार की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलेगी और वे अपनी फसल की अच्छी कीमत प्राप्त कर सकेंगे दुर्ग में संभाग स्तरीय रबी कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान श्री राव ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार की संभावना सबसे अधिक है और जो किसान नवाचार अपनाते हैं उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलता है उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की कृषि के साथ ही पशुपालन मत्स्यपालन और उद्यानिकी फसलों की खेती अपनाने से भी होगी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों से खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी लें और खाद बीज की कमी न आने दें बैठक में दुर्ग संभाग के आयुक्त दिलीप वासनीकर ने बताया कि द्विफसली क्षेत्र के मामले में यह संभाग प्रदेश में अग्रणी है यहां पर उत्पादित शिमला मिर्च और पपीता अन्य प्रदेशों तथा विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं पुलिस महानिदेशक समीक्षा पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे जन सेवा को विशेष प्राथमिकता दें और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहें श्री अवस्थी ने रायपुर के अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में रायपुर दुर्ग और बिलासपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि ये जिलेवार लंबित प्रकरणों की जानकारी लें और कार्ययोजना बनाकर इसका निराकरण करें श्री अवस्थी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में तेजी लाने और पास्को एक्ट के लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए वहीं उन्होंने पुलिस विभाग की तकनीकी शाखा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने पर बल दिया बैठक में गुम बच्चों के लंबित प्रकरण दुर्घटना संबंधी शिकायतों और कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा भी की गई आरक्षण प्रावधान केन्द्र सरकार के विभिन्न सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उम्मीदवारों को आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है मंत्री प्रभार कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के स्वास्थ्य के मद्देनजर उनके विभागों में से विधि और विधायी विभाग की जिम्मेदारी मंत्री मोहम्मद अकबर को सौंपी गई है यह आदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से जारी किया गया है श्री अकबर के पास इस समय परिवहन आवास और पर्यावरण वन खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी है इंद्रावती बचाओ अभियान बस्तर की इंद्रावती नदी में जल का स्तर बढ़ाने और ओडिशा सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर आज जगदलपुरवासियों ने पदयात्रा निकाली इंद्रावती बचाओ अभियान के तहत यह पदयात्रा नगरनार से भालूगुड़ा तक निकाली गई इस दौरान पदयात्रियों ने पांच किलोमीटर की यात्रा तय की और ग्रामीणों को नदी किनारे पौधरोपण करने के लिए भी जागरूक किया राज्यपाल भेंट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति जीआर चुरेन्द्र ने सौजन्य मुलाकात की और उन्हें विश्वविद्यालय की कार्ययोजना की जानकारी दी इस दौरान राज्यपाल ने वहां अध्ययनरत् छात्राओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने और उनके लिए सिटी बस सेवाओं का विस्तार पत्रकारिता विश्वविद्यालय तक करने के लिए कहा कृषक कार्यशाला रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुंबई के द्वारा आज रायपुर के कृषि महाविद्यालय में धान की उत्परिवर्तित किस्मों पर एकदिवसीय कृषक कार्यशाला का आयोजन किया गया इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटील ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बार्क मुम्बई के सहयोग से परमाणु ऊर्जा के उपयोग से दुबराज धान की म्यूटेन्ट किस्म ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेन्ट वन विकसित की गई है रेडिऐशन द्वारा विकसित इस किस्म में पौधों की ऊंचाई में कमी आई है लेकिन उत्पादकता में वृद्धि हुई है दुबराज की यह किस्म लगभग पचास क्विंटल प्रति हेक्टेयर में उत्पादन दे रही है श्री पाटील ने उम्मीद जताई कि यह किस्म छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी बायोवर्सिटी इन्टरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर आरआर हंचिनाल ने कहा कि देश में धान की एक लाख से अधिक किस्में पाई जाती हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की तेईस हजार से अधिक किस्मों का संरक्षण किया जा रहा है कार्यशाला में कृषकों को धान की उत्परिवर्तित किस्म ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेन्ट वन के विकास और उत्पादन विधि की जानकारी दी गई इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने भाग लिया

इस शिविर में आठ वर्ष से अधिक उम्र के बालक बालिका विभिन्न खेलों से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं तीस मई तक चलने वाले इस खेल प्रशिक्षण शिविर में व्हालीबॉल फुटबॉल एथलेटिक्स बास्केटबॉल सॉफ्टबॉल हैण्डबॉल हॉकी कराते जूडो म्यूथाई नेटबॉल ताईक्वांडो टेबल टेनिस कबड्डी कुश्ती बैडमिंटन शतरंज और कैरम जैसी खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा

दिन में तापमान अधिक होने के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सड़कें भी सूनसान नजर आ रही हैं राजधानी रायपुर में आज अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम वैज्ञानी एनएस मेहता ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लू की स्थिति बनी रहेगी

इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की उत्तराखंड में केदारनाथ मन्दिर के कपाट आज सुबह श्रद्वालुओं के लिए खोल दिये गये शीतकाल के बाद कपाट खुलने पर आज यहां परम्रागत उत्साह और भक्तिभाव का माहौल देखा गया

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पीएससी डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर देख सकते है

जबकि बीस से अधिक लोग घायल हो गए ये सभी अमोरा से बुंदेली जा रहे थे